सैंतीस हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

गौरतलब है कि एसटीईटी की ऑनलाईन हुई पुनर्परीक्षा को कुछ परीक्षार्थियों ने चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य में सैंतीस हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है परीक्षा परिणाम आने के साथ ही राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी प्रदेश में अब तक सात लाख अड़तीस हजार सात सौ अड़तीस लोगों को कोविड से बचाव से टीके दिये गये हैं इनमें से छह लाख सात सौ पैंसठ लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि एक लाख सैंतीस हजार नौ सौ तिहत्तर लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है कल छियालीस हजार एक सौ सैंतालीस लोगों को टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर देशभर में कल तक एक करोड़ सतहत्तर लाख लोगों को कोविड उन्नीस के टीके लगाए गए वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोग से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण का काम भी जारी है लोग टीके लेने के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु एप पर अपना निबंधन करवा सकते हैं इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी निबंधन की सुविधा उपलब्ध है स्वास्थ्य विभाग पटना में बुजुर्गों को टीकाकरण केन्द्र लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जायेगी एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है

कल चालीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार सात सौ सतहत्तर हो गयी है वर्तमान में तीन सौ सैंतालीस मरीजों का उपचार चल रहा है वहीं इसी अवधि में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ तैंतालीस हो गया है कल सोलह जिलों से चालीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई है सबसे अधिक पन्द्रह नये मामले पटना से सामने आये हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया सहित सभी छह अन्य पदों के लिए चुनाव चिन्ह की सूची जारी कर दी है कुल एक सौ उनतीस चिन्ह निर्धारित किये गये हैं मुखिया पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए मोती का माला ढोलक कलम और दावात कैमरा तथा बाल्टी समेत छत्तीस चुनाव चिन्ह आवंटित किये गये हैं वहीं सरपंच पद के लिए इक्कीस जिला परिषद सदस्य के लिए बीस पंचायत सदस्य के लिए बीस तथा पंचायत समिति सदस्य और पंच पद के लिए दस दस चुनाव चिन्ह निर्धारित किये गये हैं आयोग के अनुसार बारह चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गये हैं प्रदेश में नये मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कराने के लिए छह और सात मार्च को विशेष अभियान चलाया जायेगा निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव मिथिलेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश निर्गत कर दिया गया है प्रदेश में इस बार दो लाख बासठ हजार से अधिक नये मतदाता बने हैं केन्द्र सरकार द्वारा जारी जीवन सुगमता सूचकांक इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना ने दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की सूची में तैंतीसवां स्थान हासिल किया है वर्ष दो हजार अठारह में पटना इस सूची में एक सौ नौवें स्थान पर था शहर ने योजना के मापदंड पर नौवां स्थान जबकि शासन के मामले में उन्नीसवां स्थान हासिल किया है आर्थिक क्षमता के मामले में पटना चौदहवें स्थान पर रहा वहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में शहर को पांचवां स्थान हासिल हुआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप प्रस्कार प्राप्त करेंगे यह प्रस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक दो हजार इक्कीस के अवसर पर भाषण भी देंगे प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कुशल उड़ान योजना की शुरूआत होगी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने विधानसभा में विभागीय बजट पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए बताया कि इस योजना पर दो हजार चार सौ करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे उन्होंने बताया कि सात निश्चय योजना के दूसरे चरण के तहत इसकी शुरूआत हो रही है श्री कुमार ने कहा कि टाटा टेक के सहयोग से सभी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जायेगा पहले चरण में साठ आईटीआई से इसकी शुरूआत होगी मंत्री ने बताया कि कौशल विकास के लिए जल्द ही नये विभाग का भी गठन किया जायेगा बिहार सरकार के कर्मियों को फिलहाल प्रोन्नति नहीं मिलेगी विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने एक ध्यानाकर्षण सूचना पर कहा कि जब तक सक्षम न्यायालय से आदेश नहीं मिल जाता है तब तक प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री कुमार ने कहा कि संस्कृत और अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मियों को वेतनमान देना संभव नहीं है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों से अब सिर्फ वैधानिक काम ही लिये जायेंगे विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षकों की सभी समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही पुस्तकालय नीति बनायी जायेगी और गुणवत्ता की दृष्टि से पुस्तकालयों का विकास किया जायेगा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि प्रदेश में अगले छह महीने के भीतर चार हजार तीन सौ तिरपन राजस्व कर्मी और एक हजार छह सौ सड़सठ अमीन की नियुक्ति होगी उन्होंने बताया कि अमीन की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी जा चुकी है प्रदेश में आठ मार्च से बीस मार्च तक सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए विशेष अभियान चलेगा शिक्षा विभाग के अनुसार अभियान के दौरान कक्षा एक से नौंवीं तक में नामांकन लिये जायेंगे अभियान में आंगनबाड़ी सेविका जीविका दीदी और शिक्षा स्वयंसेवकों की मदद ली जायेगी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग के कारण उन्नीस मार्च तक छत्तीस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें पटना दरभंगा रक्सौल पाटलिपूत्र और पाटलिपूत्र नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन प्रमूख हैं उन्होंने बताया कि चार ट्रेनों का दूसरे स्टेशनों पर आंशिक रूप से समापन और आरंभ होगा इसी तरह सात रेलगाड़ियां नियंत्रित कर चलायी जायेंगी साथ ही चार ट्रेनों को पुनर्निधारित समय सारिणी के अनुसार चलाया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि आज से पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेलखंडों पर ग्यारह जोड़ी डेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा दो हजार इक्कीस के लिए अधिसूचना जारी कर दी है इस बार सिविल सेवा में सात सौ बारह और वन सेवा में एक सौ दस रिक्तियां हैं दोनों के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगी ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया चौबीस मार्च तक निर्धारित की गयी है दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान मुंगेर में हुई पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर पटना उच्च न्यायालय में दस मार्च से प्रतिदिन सुनवाई होगी न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया बिहार पुलिस की मद्यनिषेध इकाई ने झारखंड के कोडरमा से शराब तस्कर सुरमुख सिंह धारीवाल और उसके सहयोगी नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है दोनों गिरफ्तार तस्करों पर बिहार में शराब की तस्करी करने का आरोप है ये दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बलवन टोला में बालू की लोडिंग को लेकर दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गयी पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में एक शव यात्रा के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक नौ वर्षीय बच्चे की मौत हो गयी सेना में बहाली के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने दानापुर से गिरफ्तार किया है जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलंगा जंगल से पुलिस ने एक बीस किलो के आईईडी बम दो डेटोनेटर और तार बरामद किये हैं बम को निष्क्रिय कर दिया गया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड को एसटीईटी का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया दैनिक भास्कर की सुर्खी है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना मुम्बई लुधियाना और जयपुर जैसे शहरों से आगे प्रभात खबर ने लिखा है पन्द्रह और सोलह मार्च को राज्य में सात हजार छह सौ बीस बैंक शाखाएं बंद रहेगी दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखे हैं अश्लीलता परोस रहे हैं ओटीटी प्लेटफार्म इनके लिए नियमन की जरूरत दैनिक आज की सुर्खी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन समेत कई नेताओं को दी गयी कोरोना वैक्सीन राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है नवादा में बैंक से चौदह लाख रूपये लूटे

सैंतीस हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी